उन्होंने आज राजवाड़ा चौक से पार्टी के महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की श्री शाह ने दशहरा मैदान में पार्टी के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया उन्होंने कार्यकर्ताओं को गीता का पाठ पढाया और उन्हें कृष्ण की तरह चुनावी तैयारियों में जुट जाने का आहवान किया ताकि प्रदेश में पार्टी चौथी बार सरकार बना सके उन्होंने कहा कि पन्द्रह साल पहले कांग्रेस शासनकाल के दौरान प्रदेश की हालत खराब थी भाजपा सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है प्रदेश में किये गये विकास कार्यों का उल्लेख करते हए श्री शाह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य नेताओं को विकास के मुद्दे पर भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से बहस की चुनौती भी दी इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी मौजूद थे श्री शाह इंदौर के बाद झाबुआ रतलाम जिले के जावरा और उज्जैन मे भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश दौरे पर मुरैना पहुंचे उन्होंने भू अधिकार को लेकर एकता परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया राहल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार मिलना चाहिये और यदि मध्यप्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम आदिवासी कानून को लागू करेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा केवल आश्वासन देने का काम कर रही है और आज तक एक भी वादे को पुरा नहीं किया है उल्टा नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से आम लोगों को परेशान करने का काम किया है मुरैना की सभा के बाद राहुल गांधी जबलपुर पहुंचेगे यहां वे नर्मदा आरती के बाद रामपुर तिराहे से आठ किलोमीटर तक रोड शो भी करेंगे

प्रदेश में व्यापार सम्मान निधि बनायी जायेगी श्री चौहान कल भोपाल में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक जिले में पाँच सौ युवा कर विशेषज्ञों को जीएसटी मित्र बनाया जायेगा जो व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने में सहयोग करेंगे प्राकृतिक आपदा आगजनी और चोरी में व्यापारियों के नुकसान की भरपाई करने की योजना बनाई जायेगी उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तरह प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय ई बिजनेस समिट आयोजित की जायेगी विश्व व्यापार में प्रदेश के व्यापारियों का हिस्सा बढ़ाने के लिये बोर्ड के गठन के साथ ही प्रत्येक जिले में जिला व्यापार एवं व्यापारी कल्याण समितियाँ बनायी जायेगी श्री चौहान ने कहा कि इससे व्यापार सुगम और समुद्ध होगा सपा ऐलान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी उन्होंने आज लखनऊ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर बहत इंतजार करवाया इसलिए अब हमने उसके साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इन तीनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी से पहले बहुजन समाज पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन से इंकार कर चुकी है

वित्त मंत्रालय के अपर सचिव समीर कुमार खरे और एशियाई विकास बैंक के निदेशक केनिची योकोहामा ने कल नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये विज्ञान यात्रा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि विज्ञान मंथन यात्रा में शामिल विद्यार्थियों को अनुशासन सहयोग और अच्छे व्यवहार के लिए प्रस्कृत किया जायेगा यह बात उन्होंने कल भोपाल में बारहवीं विज्ञान मंथन यात्रा में शामिल विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस यात्रा में घूमने की नहीं बल्कि सीखने की मानसिकता से जायें श्री गुप्ता ने इस यात्रा में शामिल सवा छह सौ विद्यार्थियों में से सौ विद्यार्थियों को अलग से परीक्षा के आधार पर चयनित कर पुरस्कृत किये जाने की भी घोषणा की अब कुछ समाचार संक्षेप में होशंगाबाद जिले में लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत ग्राम भट्टी में छात्र छात्राओं ने अपने माता पिता एवं अन्य परिवारजनों से संकल्प पत्र भरवाये शिवपुरी जिले में डेंगू की रोथथाम को लेकर चलाये जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिये हैं